राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे पोषण अभियान का लाभ सभी लाभार्थियों तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाना चाहिये उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत कार्यकत्रियों के रिक्त पदों पर पूरी पारदर्शिता के साथ स्थानीय स्तर पर मैरिट के आधार पर नियक्ति की जाये राज्यपाल ने कल लखनऊ स्थित राजभवन से वाराणसी के जिलाधिकारी द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्रों को सुचारू ढंग से चलाने एवं क्पोषित बच्चों को सुपोषित करने के संबंध में दिये जा रहे प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बात कही उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की नियुक्ति की प्रक्रिया उनकी सेवानिवृत्ति के छह माह पहले से शुरू की जानी चाहिये राज्यपाल ने कहा कि जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि जननी सुरक्षा एवं मातृ वंदन योजना के तहत जो पैसा गर्भवती महिलाओं के लिये पोषण आहार के लिये दिये जाते है वह उसका प्रयोग उसी के लिये करे

उन्होंने कहा है कि टेस्टिंग और सर्विलांस का कार्य जितना सुदृढ़ होगा कोरोना का प्रसार रोकने में उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को माइक्रो कंटेन्मेंट जोन टेस्टिंग और सर्विलांस आदि के संबंध में निरन्तर फीडबैक लेकर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आती तब तक सतर्कता व बचाव ही एकमात्र उपाय है मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर को नियंत्रित करने में सफलता मिली है

मुख्यमंत्री ने फोकस्ड टेस्टिंग किये जाने पर बल देते हुए कहा कि अस्पतालों में कोविड बेड्स की संख्या में वृद्धि सुनिश्चित की जाये

प्रदेश सरकार ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान में आठ पुरस्कार प्राप्त किए हैं राज्य ने गंदगी मुक्त भारत योजना के कार्यान्वयन में भी दूसरा स्थान प्राप्त किया है जल शक्ति राज्य मंत्री दो अक्तूबर को एक वर्च्यअल समारोह में यह पुरस्कार प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने कोरोना काल के दौरान पूरे देश में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिए हैं उन्होंने कहा कि इस दौरान उनकी सरकार न केवल लाखों लोगों को उनके घरों पर वापस लेकर आयी बल्कि उनके गांव के पास ही रोजगार का भी इंतजाम किया इस योजना के तहत समग्रता में इन पुरस्कारों में प्रदेश पहले स्थान पर आया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्नाव जनपद विकास से वंचित नहीं रहेगा हर क्षेत्र में जनपद का विकास किया जायेगा मुख्यमंत्री ने कल उन्नाव जनपद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक गांव में ग्राम सचिवालय बनाये जा रहे हैं जिससे लोगों को बैकिंग सुविधा का लाभ देने के साथ ही मूल निवास जाति व आय प्रमाण पत्र बनाने की भी सुविधा गांव में ही मिल सकेगी ग्राम सचिवालय को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जायेगा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार की रणनीति के अब सकारात्मक नतीजे सामने दिख रहे हैं देश में सबसे ज्यादा संख्या में लगभग डेढ लाख से ज्यादा कोविड परीक्षण प्रतिदन करने के बावजूद पॉजिटिव मरीजों के पाये जाने की दर में कमी आई है और ठीक होने वाले मरीजों की दर चौरासी दशमलव सात पाच पहुंच गई है इस महीने की अट्ठारह तारीख से लगातार नये मामलों की संख्या ठीक होने वाले मरीजों की संख्या से कम हो गई है कल ही प्रदेश में कोविड संक्रमण के तीन हजार आठ सौ अड़तीस नये मामले सामने आये जबकि पांच हजार तीन सौ बयासी मरीजों को पूरी तरह ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सोलह ऐसे जिलों में जहां नये कोविड मामलों की संख्या प्रतिदिन सौ से अधिक थी विशेष अफसरों की तैनाती की है इनमें एक प्रमुख सचिव एक विशेष सचिव एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और एक चिकित्सा शिक्षा के विशेषज्ञ शामिल हैं राज्य में फिलहाल तिरपन हजार नौ सौ तिरपन कोविड के सक्रिय मरीज हैं और कल साठ लोगों की मौत के साथ ही इस जानलेवा बीमारी से मरने वालों की संख्या पांच हजार छः सौ बावन पहुंच गई है

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देशभर में सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या पांच गुना से अधिक हो गई है पोषण और कोरोना जागरूकता को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक सम्पर्क ब्यूरो द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल से दस दिवसीय जागरूकता अभियान का श्भारम्म किया गया इस अभियान के अन्तर्गत कल प्रयागराज में फूलपुर से सांसद केसरीदेवी पटेल ने अपने निवास स्थान से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरूआत की

मेरठ कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया इस अभियान के अन्तर्गत आगामी दस दिनों तक प्रदेश के क्षेत्रीय लोक सम्पर्क व्यूरो द्वारा सचल चित्र प्रदर्शनी पोस्टर एवं माइक के माध्यम से दो गज की दूरी का पालन करने मास्क पहनने साबुन से हाथ धोने भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने बुखार खांसी व सांस लेने में परेशानी होने पर तुरन्त डॉक्टर से सम्पर्क करने की जानकरी दी जा रही है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिये संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेने की सलाह भी अभियान के माध्यम से दी जा रही है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉपरेटिव लिमिटेड इफको ने स्पष्ट किया कि डीएपी और एनपीके उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य में वृद्धि की कोई योजना नहीं है इफको के प्रबंध निदेशक यूएस अवस्थी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की लागत में अत्यधिक वृद्धि के बावजूद उर्वरकों की कीमत नहीं बढ़ाई जा रही है उन्होंने कहा कि रबी सीजन के दौरान खाद की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी क्योंकि इफको का उद्देश्य कृषि की लागत घटाकर किसानों की सेवा करना है प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण तत्काल कराया जाये इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जायेगी

उन्होंने निर्देश दिया कि घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को निर्बाध ट्रिपिंग मुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाये